केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए सरकार संसद में फिर लायेगी विधेयक केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई मंत्रियों ने सम्भाला अपने मंत्रालय का पदभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की है प्राथमिकता लखनऊ में महिला बाइकर्स को पच्चीस हजार किलोमीटर की यात्रा पर किया रवाना राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बादामी बाग स्थित सेना के पन्द्रहवीं कोर मुख्यालय में सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की विश्व के सबसे ऊंचे युद्व क्षेत्र कहे जाने वाले सियाचिन की अपनी पहली यात्रा के बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे थे उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के भीतरी क्षेत्रों में सुरक्षा की ताजा स्थिति की जानकारी दी गई सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और पन्द्रहवीं कोर के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लन ने भी रक्षा मंत्री को घाटी में आतंकवाद के खिलाफ चलाये गये सफल अमियानों की जानकारी दी रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह का घाटी का यह पहला दौरा था इससे पहले रक्षा मंत्री ने सियाचिन का दौरा किया और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ थे अपने ट्वीट संदेशों में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के सैनिक सियाचिन में अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों तथा द्र्गम क्षेत्र में बड़े साहस और धैर्य के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं उन्होंने उनके शौर्य और पराक्रम की सराहना की रक्षा मंत्री ने क्षेत्र में सेवा के दौरान अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि भी अर्पित की उन्हें सेना की चौदहवीं और पन्द्रहवीं कोर के कामकाज के साथ सेना की समग्र तैयारियों की जानकारी भी दी गई

लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय संबंधों को दर्शाता है मंत्रालय के अनुसार मालदीव और श्रीलंका का दौरा भारत की पहले पड़ोस की नीति और सागर कार्यक्रम की प्राथमिकता को दर्शाता है द्विपक्षीय वार्ता निःशस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता के छठे दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हुई विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों फक्षों ने निःशस्त्रीकरण अप्रसार और शस्त्र नियंत्रण से संबंधित आपसी हितों के अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया दोनों देशों ने भविष्य में भी नियमित अंतराल पर बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया है तीन तलाक रविशंकर प्रसाद ने कल कानून और न्याय मंत्री का पदभार संभाला मीडिया के साथ बातचीत में उन्होने कहा कि कानूनी पहंच कानूनी सहायता और बुनियादी ढांचा न्याय वितरण में तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के साथ प्रोद्योगिकी के तालमेल की मदद से उनका मंत्रालय कानूनी पहुंच को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए सरकार संसद में फिर विधेयक लाएगी उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है पिछले महीने सोलहवीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक भी पारित नहीं हो पाया था राज्यसभा में भी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई थी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार सुरक्षा विघेयक के अंतर्गत एक ही बार में तीन तलाक दिए जाने को अमान्य और अवैध बताया गया है इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक देने पर तीन वर्ष की कैद की सजा का प्राक्षान है हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि आय़ष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभी तक लागू नहीं करने वाले पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वह पत्र लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंघ्र प्रदेश पश्चिम बंगाल ओडिशा और दिल्ली में अभी तक यह योजना शुरू नहीं हई है इस योजना के तहत कमजोर वर्गो के सभी परिवारों को इलाज के लिए हर वर्ष पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है उन्होंने बताया कि वे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को यह योजना लागू करने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे उन्होंने बताया कि अभी तक सत्ताईस लाख लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं और उनका मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है

प्रधानमंत्री जी का सपना है कि तब तक देश में डेढ़ लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स क्रियेट होने चाहिए

उसकी ठीक से मॉनिटरिंग करें स्मृति ईरानी पद भार केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल महिला और बाल विकास मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों के मंत्री और रेणुका सिंह ने जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में राव इन्द्रजीत सिंह ने केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया श्री सिंह के पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मौजूदा सरकार में कैबिनेट रैंक दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया गया है

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में चल रही विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करेगी और इस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने के भी उपाय करेगी गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने आश्वासन दिया है कि देश में पांच हजार जेनेरिक मेडिकल स्टोर हैं जिन्हें और बढ़ाया जाएगा और उन्हें पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति की जाएगी कल बेंगलुरू में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनऔषधि केंद्रों में औषधालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में तीन महिला बाइकर्स को पच्चीस हजार किलोमीटर की यात्रा पर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भागदारी सुनिश्चित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिये पूरी तरह समर्पित है और इसके लिये जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिये विभिन्न योजनाए चलाई जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बाइकर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह यात्रा करेंगी

दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यात्रा महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में और जागरुकता पैदा करेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ जार्ज राष्ट्र ने कल पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिज को उनकी जयंती पर याद किया जॉर्ज फर्नांडिज उन्नीस सौ सत्तर के दशक में समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे उनका निधन इस साल उन्तीस जनवरी को हुआ था कर्नाटक के मंगलूरू के एक गरीब परिवार में जन्मे फर्नाडिज उन्नीस सौ सड़सठ से दो हजार चार तक नौ बार लोकसभा के लिए चुने गए कारगिल युद्व के समय वे वाजपेयी सरकार मे रक्षा मंत्री थे वे केन्द्रीय रेल और उद्योग मंत्री भी रहे भारतीय राजनीति में फर्नांडिज के योगदान के लिए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए कल नई दिल्ली के कंस्टीट्शन क्लब में एक संगोध्वी आयोजित की गई संवाददातओं से बातचीत में प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि फर्नांडिज ने बहुत सादा जीवन व्यतीत किया

उन्हॉने कहा कि देश की रक्षा के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस सपृत को हमेशा याद किया जायेगा आगरा के कागारौल क्षेत्र में बीसलपुर निवासी शहीद को कल हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई इस अवसर पर स्थानीय सांसद विधायक और बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे